इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कांग्रेस नेता राहल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब म्खर्जी को प्ष्पांजलि अर्पित की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है प्रणब म्खर्जी का कल निधन हो गया था

सात बार सांसद रह च्के प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया जा च्का है वे एक सम्मानित और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे

इसका प्रभाव एक से तीस सितंबर तक रहेगा दिशानिर्देशों के अन्सार द्रसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों के राज्य में प्रवेश करने के स्थान पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा यदि आने वालों की रिपोर्ट निगेटिव आती है या फिर वो एसिम्टमेटिक पाए जाते है तो वे अपने काम पर त्रंत जा सक्ते है और या फिर राज्य में अन्य गतिविधियों में भाग ले सकते है हालांकि उन्हें अगले चौदह दिनों तक अपने स्वास्थ्य की खुद ही निगरानी करनी होगी नया अनलॉक दिशा निर्देश के अन्सार अंतराज्यीय और अंर्तजिला यात्रियों पर जिला प्रशासन सहित किसी भी प्राधिकारी को आवाजाही पर कोई भी प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होगा अंतर्राज्यीय और सामानों की आवाजाही के लिए यात्रियों को संबद्ध जिला प्रशासन से चौबीस घंटे की वैध फेसिलिटेशन पास लेना होगा फेसिलिटेशन पास रखने वाले व्यक्ति कि पोईंट ऑफ एक्जिट में कोरोना जांच की कोई जरुरत नही होगी अन्य राज्य से नही ग्जरते हए अंर्तजिला से ग्जरने वाले यात्रियों को टेस्ट करने की कोई जरुरत नहीं होगी नए मानदंड के तहत सार्वजनिक स्थलो पर मास्क पहनने और म्ह को ढकने को स्निश्चित कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी जो मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें पांच सौ रुपए का जुर्माना देगा होगा सार्वजनिक स्थलों जैसे सरकारी निजी कार्यालयों और अस्पतालों में थ्कने पर दो सौ रुपए का जुर्माना लगेगा

राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ बीस हो गई है कल आए अट्टहत्तर मामलों में से बाईस मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए है जबकि नौ मामले वेस्ट कामेंग जिले से और आठ अन्य मामले चांगलांग जिले से आए हैं राज्य के चौदह अन्य जिलो से कोविड संक्रमण के बाकी मामले दर्ज किए गए है राज्य में अबतक लगभग दो हजार नौ सौ मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके है वहीं कोविड से ठीक होने वालों की दर सत्तर प्रतिशत से ज्यादा हो गई है

नाबार्ड की ओर से चांगलांग की महिलाओं को छोटे स्तर पर ही बेकरी उत्पाद बनाने और बाजार से उपलब्ध कराने के तौर तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण शिविर स्थानीय गैर सरकारी संगठन ग्रीन लॉन सोसायटी के सहयोग से किया जा रहा है प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हए चांगलांग के जिला उपाय्क्त डॉ देवांश यादव ने प्रशिक्षार्थियों से कहा कि वे बेकरी उत्पाद बनाने के साथ साथ उसकी ग्णवत्ता और उसे दूसरे प्रोडक्ट से अलग पहचान दिलाने पर ध्यान दे ताकि उन्हें बाजार मूल्य मिल सके

राज्यपाल ने पर्व के दौरान आदी जनजाती द्वारा उनकी समुद्ध और जोशपूर्ण विरासत का प्रर्दशन लगातार करते रहने की कामना की